कोरोना वन क्षेत्र छट ़ ्ह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में ला ू पूर्णबंदी के तहत जारी दिशा निर्देशों में रियायत देते ह्ए जनजातीय समुदाय को वन क्षेत्रों में टिम्बर को छोड़कर क्छ अन्य वन उत्पादों की कटाई और संग्रहण की अन्मति दी है

वन मंत्रालय सहयोग प्रदेश में वन विभा कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा रहा है

पंचायत कार्यकाल म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों के कार्यकाल में वृद्धि का निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतिनिधि प्रशासन और जनता के बीच एक अहम महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में चूनाव कराना संभव नहीं है

इससे वे जनता और प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर स्वतंत्र मन से कार्य कर सकें

यह एप कृषि और बा वानी उत्पादों के परिवहन में स् मता लाने के उद्देश्य से एन ईसी द्वारा तैयार किया या है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में प्लिस प्रशासन सहित पूरा अमला जनप्रतिनिधियों समाजसेवी सं ठनों मीडिया एवं जनता के सहयो से पूरी मुस्तैदी से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जी जान से ज्टा है हम इस लड़ाई को जल्द ही जीतें े तथा इसके लिए इंदौर देश में दर्श स्थापित करे ा

इटारसी के हाजी मंजिल से दो कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक और मरीज पॉज़िटिव मिला है

शिवप्री जिले में भाजपा कार्यकर्ता मोदी कम्यूनिटी किचन के माध्यम से भोजन के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं इसके अलावा सूखा राशन भी बांटा जा रहा है सा र में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने सामाजिक पेंशन की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को घर घर जाकर राशि वितरित करने के निर्देश दिए थेए थे

सीधी जिले में जिन प्रवासियों का क्वारेंटाईन प्रा हो था है उनको मेडिकल चेकअप के बाद उनके ा ह ग्राम भेजा जा रहा है उमरिया में लाकडाउन का पालन करने की अपील के लिए प्लिस अधीक्षक के साथ निकले प्लिस बल का न रवासियों ने स्वा त किया

टीकम मे समाजसेवी े ब कर जरूरत मंदो की मदद के साथ साथ पश्ओं को चारा पानी की व्यवस्था भी कर रहे है पन्ना में डॉ अभिषेक जैन ने कोल्ड ड्रिक की बोतल से मास्क बनाया है उनका कहना है कि यह मास्क फ्री में बन जाता है यह मास्क कोरोनॉ वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए कार र साबित हो रहा है

साथ ही लो ों को सोशल डिस्टेंसिं का पालन करने की भी सीख दी फिल्म अभिनेता श्री राणा और श्री यादव ने प्लिस कर्मियों से कहा कि वे विपरीत परिस्थितियों में जिस ला न निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वह सराहनीय है दोनों अभिनेताओं ने प्लिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फूल और कोल्ड ड्रिंक मास्क तथा सेनेटाइजर दिये पर्वतारोही स्श्री मेघा परमार ने प्लिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये स्क्रीन शीट बनाई है

राज्य शासन ने हरीशचन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी निय्क्त किया है